प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार दो लाख रूपये की राशि देगी

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता वसुदेव कुट्म्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार में विश्वास रखती है सभी को साथ लेकर चलने की भारत की परम्परा रही है श्री मोदी आज इमाम हुसैन की शहादत की याद में दाऊदी बोहरा समुदाय के समारोह में शामिल होने इन्दौर पहुंचे थे उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत का समाज और इसकी विरासत दुनिया में सबसे अलग है प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन ने शान्ति और न्याय के लिये संघर्ष किया और उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं

श्री मोदी ने स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इन्दौर के नागरिकों और प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि इन्दौर स्वच्छता अभियान की अगुवाई किया करता है उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पूरे देश में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल ने भी कमाल किया है और एक प्रकार से पूरा मध्यप्रदेश ही स्वच्छता अभियान को गति दे रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभा को सम्बोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आहवान किया है कल सुबह साढ़े नो बजे प्रधानमंत्री देशवासियों से वीडियो कांफ्रेसिंग और दूरदर्शन के माध्यम से संवाद भी करेंगे इससे पहले श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के स्वच्छता के स्वप्न को साकार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि कल सुबह सभी एकजुट होकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे चुनाव प्रशिक्षण प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया है आज प्रदेश के सभी जिला पंचायत पदाधिकारियों ओर स्वीप कॉर्डिनेटर का विशेष प्रशिक्षण भोपाल के प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है

इस अवसर पर दूरदर्शन के मुख्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि दूरदर्शन ने देश भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की है उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए दूरदर्शन को अपनी विषयवस्तु में बदलाव लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि दिन पर दिन स्पर्धा बढ़ने के साथ अब विषयवस्तु और भी बेहतर होनी चाहिए

यह राशि मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के तहत प्रदान की जायेगी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आज भोपाल में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग दो लाख अस्सी हजार कल्याणियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा चुकी है

हिन्दी दिवस आज हिन्दी दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर पर राजधानी भोपाल में कई संस्थाओं द्वारा अनेक कार्यकम आयोजित किये गये भोपाल के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान परिसर में हिन्दी पखवाड़े के उद्घाटन सत्र में प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश पाण्डेय ने हिन्दी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि हिन्दी का उद्गम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत से हुआ है हिन्दी की वर्णमाला और लिपि अत्यन्त व्यवस्थीत है वहीं देवास में इस मौके पर राज्य भाषा कार्यान्वयन सभिति द्वारा निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उधर रायसेन के सांची बौद्ध विश्वविद्यालय में हिन्दी दिवस पखवाड़ा मनाया गया हिन्दी के विद्वान साहित्यकार और लेखक प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने हिन्दी और उसकी प्रासंगिकता विषय पर अपने उद्बोधन दिये अन्य जिलों से भी हिन्दी दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने के समाचार मिले हैं दिव्यांग नियम उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया है कि वह आरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये दिव्यांगजन सम्बंधि प्रमाण पत्र कुष्ठरोगियों को भी उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से अलग नियम बनाने पर विचार करें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएमखान मिलकर तथा न्यायामूर्ति डीवाई चन्द्रचूड की पीठ ने इस संबंध में केन्द्र और सभी राज्यों को निर्देश दिये जन कल्याण योजना तकनीकी शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के कियान्वयन के लिये आज निर्देश जारी कर दिये हैं इस योजना का लाभ लेने के लिये सम्बल योजना में पंजीकृत परिवार के बच्चों को एन आई सी के छात्रवृत्ति पॉर्टल पर पंजीयन कराना होगा इसके बाद विद्यार्थी को एक यूजर आइडी और पासवर्ड मिलेगा इसके बाद प्रदेश में स्थित किसी भी शासकीय संस्थाओं में योजना के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा

वर्चुअल कक्षा संचालन केन्द्र संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से समय सारणी के अनुसार संचालित कक्षाओं में संबंधित विषय के सभी छात्र छात्राओं को प्राध्यापक सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं

महाविद्यालयसंस्थान के प्राचार्यसंचालक निर्धारित तिथि और समय पर सारणी के अनुसार प्रशासन अकादमी भोपाल में विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे

तीर्थ यात्रियों की ट्रेन भोपाल के हबीबगंज रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी

इस दौरान श्री चौहान बेरछा और तिलावतगोविंद गांव में जनसभा को सम्बोधित करेंगे

इसके तहत पांचवी कक्षा से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण आवेदक भाग ले सकेंगे

दस दिनों तक चलने वाले इस पर्व में धार्मिक अनुष्ठान किये जायेंगे